राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने वैज्ञानिकों से कृषि क्षेत्र में किए जा रहें शोध के लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने का आहवान किया है वे आज कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में सीनेट की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे आचार्य देवव्रत ने कहा कि शून्य लागत प्राकृतिक खेती रासायनिक व जैविक कृषि का एक मात्र विकल्प और सुरक्षित प्रणाली है उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से जमीन की उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन लागत शून्य हो जाती है व उत्पाद जहर मुक्त होते है

विश्वविद्यालय के कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ये विश्वविद्यालय राज्य में कृषि पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान के क्षेत्र में आवश्यकता आधारित अनुसंधान के लिए जाना जाता है

सम्मेलन की तैयारियों को लेकर आज एक बैठक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती की अध्यक्षता में शिमला स्थित भाजपा कार्यालय दीपकमल में हुई इस दौरान संगठन के प्रदेश महामंत्री पवन राणा विशेष रूप से मौजूद रहे पार्टी प्रवक्ता शशिदत्त शर्मा ने बताया कि इस सम्मेलन में केंद्रीय नेतृत्व सहित मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे सांसद शांताकुमार प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल मौजूद रहेंगे उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत संगठन को मजबूत करने के लिए ये सम्मेलन किए जा रहे हैं सुक्ख विमुद्रीकरण के दो साल पूरे होने पर कांगेस ने आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर काला दिवस मनाया इस कड़ी में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह ने कुल्लू जिले के निरमंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विमुद्रीकरण को लेकर केंद्र सरकार को घेरा उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों से जनता परेशान है और विमुद्रीकरण के बाद मंहगाई के साथ साथ बेरोजगारी में भी इजाफा हुआ है पलटवार इस बीच भाजपा ने कांग्रेस द्वारा विमुद्रीकरण पर किए जा रहें प्रदर्शन को फ्लॉप करार दिया है पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री व एपीएमसी के अध्यक्ष अजय शर्मा ने हमीरपुर में कहा कि विमुद्रीकरण का फैसला अर्थव्यवस्था में सुधार और काले धन पर चोट के लिए मोदी सरकार का एक साहसिक फैसला था उन्होंने कहा कि विमुद्रीकरण के बाद डिजिटल लेन देन में बढ़ौतरी हुई है जो पारदर्शिता का सूचक है उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने विमुद्रीकरण व जीएसटी से कर चोरी करने वालों पर करारा प्रहार किया है

वे आज कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र में करीब पौने चार करोड़ रुपये की योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने देश के चहुंमुखी विकास और हर वर्ग के कल्याण के लिए कई विकासात्मक योजनाएं शुरू की है

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की शहरी विद्युत प्रणाली के सशक्तिकरण के लिए इस योजना के तहत उपकेंद्रों का निर्माण और बिजली ट्रांसफार्मरों की स्थापना सहित तारों को भूमिगत किया जाएगा

इस मौके पर उन्होंने पाईसा और सुनहेत में लोगों की समस्याएं भी सुनी अनुराग ठाकुर ने हरिपुर में पुराने जलाशय के जीर्णोद्वार व सौन्दर्यकरण की आधारशिला भी रखी भैयादूज भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक भैया दूज का त्यौहार आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास से मनाया गया इस मौके पर बहनेँ धार्मिक रीति रिवाजों के साथ अपने भाईयों का तिलक कर उनकी लम्बी आयु की कामना करती हैं मान्यता के अनुसार मृत्यु के राजा यम की बहन यामी ने भी अपने भाई से हर वर्ष इस पर्व पर उसके पास आने का वरदान मांगा था और तभी से कार्तिक मास की द्वितीय पर भाई दूज की ये प्रथा शुरू हो गई एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के पास इसी दिन आए थे जहां सुभद्रा ने श्री कृष्ण का तिलक किया था सोलन से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार विशेष परिधान में सज धज कर बहनों ने पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ अपने भाईयों का तिलक व आरती कर मुंह मीठा करवाया बहनों ने भाई के समृद्ध व खूशहाल जीवन और दीर्घायू की कामना के साथ अपना आशीर्वाद भाईयों को दिया

बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि मेले व त्यौहार प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के संवाहक है जिससे आपसी भाईचारे व सहयोग की भावना पैदा होती है वे आज नाहन के जांगला भूड में भाईदूज के अवसर आयोजित एक दिवसीय मेले में जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे

राम स्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि जिन वीर सैनिकों ने शहादत का जाम पीकर सरहदों की रक्षा की है उन्हें ये देश हमेशा याद रखेगा

उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सपूतों में अधिकतर सैनिक हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते थे और इन्हीं की याद में प्रदेशभर में इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है ताकि इन वीरों की शहादत को याद रखा जाए इस दौरान उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और अपनी संस्कृति को संजोए रखने का आहवान भी किया वीरेंद्र कंवर प्रदेश में पंचायत स्तर पर चरणबद्ध तरीके से खेल मैदान विकसित किए जाएंगे ताकि ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल सके ये बात ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना जिला के कुड्ड गांव में कृश्ती प्रतियोगिता के समापन अवसर पर कही उन्होंने कहा कि पारम्परिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं वीरेंद्र कंवर ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन अत्यंत आवश्यक है दुर्घटना नाहन कुमारहटी राष्ट्रीय उच्च मार्ग के शिल्ली शनाड़ी नामक स्थान पर आज सुबह एक निजी वाहन के दुर्घटना ग्रस्त होने से इसमें सवार दस लोग घायल हो गए

दूर्घटना पर गहरा दूख व्यक्त करते हुए विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने घायलों का कुशलक्षेम पूछा उन्होंने घायलों को निशुल्क उपचार व राहत राशि जारी करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए है

इसी कड़ी में आज बजौरा पंचायत के लक्कड़ बाज़ार में अधिवक्ता धमेंद्र शर्मा ने लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता के साथ अन्य कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी ज़िला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव हकीकत ढांडा ने बताया कि इन शिविरों के दौरान लोगों को कानूनी अधिकारों नियमों व अधिनियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी कैम्प शिमला ग्रामीण की पाहल पंचायत के टपरोग गांव में दिसम्बर माह के पहले सप्ताह में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा एक बैठक में टपरोग युवक मंडल के अध्यक्ष खेमराज शर्मा व महिला मंडल की प्रधान अनुराधा शर्मा और सचिव आशा शर्मा ने बताया कि सत्य सांई सेवा समिति के सहयोग से आयोजित होने वाले इस शिविर में महिला व बाल रोग सहित अन्य बीमारियों की निशुल्क जांच विशेषज्ञ चिकित्सों द्वारा की जाएगी इस दौरान टपरोग युवक मंडल की नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया

देहलां स्थित ज़िला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य कमलदीप सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में जिले के सरकारी गैर सरकारी और अनुदान प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज दिनभर मौसम साफ रहा हालांकि सुबह शाम के तापमान में लगातार गिरावट जारी है